भाजपा कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों सहित निदर्लीय प्रत्याषियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज राज्य में तीन चुनावी र्रेलियों को संबोधित किया आज दोपहर सबसे पहले श्री शाह ने दौसा में भाजपा प्रत्याषी जसकौर मीणा के समर्थन में चुनावी सभा की इस सभा में भाजपा नेता किरोड़ी सिंह बैंसला तथा किरोड़ी लाल मीणा दोनों उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देष को सुरक्षित करने का सबसे बडा काम किया है

इसके बाद श्री शाह ने अलवर तथा भरतपुर में भी भाजपा प्रत्याषियों के समर्थन में रैलियां कीं

भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और उत्तरप्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार करेंगे

झुंझुनू के उदयपुरवाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार द्वारा पिछले चार माह में किए कामों को भी गिनाया

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज दौसा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा के पक्ष में वोट मांगे श्री पायलट कल सीकर जिले के पाटन झूंझुनू के खेतड़ी तथा दौसा संसदीय क्षेत्र के महुआ में चुनावी सभाएं करेंगे

बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने मार्च को हरी झंडी दिखाई हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में निकाले गए महिला मार्च में महिलाओं ने जोश से भाग लिया

आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बार में भी आज विचार विमर्श करेगा

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राज ने कहा कि मुद्रा लोन का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिला श्री राज ने कहा कि स्टैंडअप योजना के तहत बहुत कम दलितों को लोन मिल पाया है उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि पिछड़े और दलितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा श्री राज ने भाजपा पर दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया

मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाले समय में कौशल विकास का क्षेत्र बहत विकसित होगा और विभिन्न कौशल डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा

आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में यह दवा पिलाई जा रही है

बीकानेर में चाइनीज मांझे पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभय कमांड सेंटर की भी मदद ली जाएगी

तीनों के शव घर में ही मिले

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी से जनजीवन पर व्यापक असर पड रहा है